राज्य मंत्रिमंडल की कल ईटानगर में हई बैठक में लिए गए फैसले के अन्सार अन्य राज्यों से आने वाले प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए आर टी पी सी आर टेस्ट प्री तरह से अनिवार्य है ईटानगर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हए प्रदेश के ग़हमंत्री बामंग फेलिक्स ने कहा कि राज्य में आने वाले छात्रों और अन्य नागरिकों की संख्या काफी ज्यादा है इसलिए राजधानी क्षेत्र के लेखि स्थित बी पी एल कॉलोनी में एक नया क्वारेनटिन सेंटर तैयार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर भारत से राज्य में आने वाले लोगो को चौदह मई तक प्रवेश दिया जाएगा जबकि देश के अन्य भागो में फंसे छात्रों और नागरिको को वापस लाने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है और रेल सेवा उपलब्ध कराएं जाने के संबंध में सत्रह मई के बाद फैसला लिया जाएगा श्री फेलीक्स ने कहा कि प्रदेश के सभी बारह निर्धारित चेकगेटों के जरिए प्रवेश और क्वारेनटाइन व्यवस्था के लिए विभिन्न मंत्रियों की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है उन्होंने होलोंगी बंदरदेवा और ग्म्तो चेकगेट के लिए निर्धारित कार्यो का ब्यौरा देते हुए बताया कि होलोंगी चेकगेट से राजधानी क्षेत्र में आवश्यक सेवाओ की आपूर्ति करने वाले वाहनों को प्रवेश दिया जाएगा

कल राजभवन में शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर और सचिव निहारिका रॉय के साथ राज्यपाल ने दापोरिजो हवाई और नामसाई में तीन नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को लेकर प्रगति की जानकारी ली श्री मिश्रा ने ईस्ट सियांग जिले के निगलोक स्थित सैनिक स्कूल में आगामी सत्र में साठ छात्रों के प्रवेश के लिए स्कूल भवन के निर्माण की समीक्षा की शिक्षा मंत्री और सचिव ने राज्यपाल को शैक्षणिक विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दो के बारे में जानकारी दी

उन्होंने क्षेत्र में इस महामारी की रोकथाम और नियंत्रण के उपायों पर विचार किया बैठक में अरूणाचल प्रदेश असम मणिप्र मेघालय मिजोरम नागालैंड त्रिप्रा और सिक्किम के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया बैठक के दौरान डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि यह बड़ी राहत की बात है कि अधिकतर पूर्वोत्तर राज्य ग्रीन जोन में आते हैं

उन्होंने कहा कि हमें ऑरेंज क्षेत्रों को हरित क्षेत्रों में बदलने के लिए मिलकर काम करना चाहिए और सभी राज्यों में स्रक्षा की स्थिति बनाये रखनी चाहिए

उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे आरोग्य सेत् ऐप डाउनलोड करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करें

राज्यों को यह भी बताया गया कि क्षेत्र में स्वास्थ्य ढ़ांचे को मजबूत बनाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय दवारा धन आवंटित किया गया है